सम्मेलन का आयोजन वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश और आधारभूत अवसंरचना कोष ने किया है यह वैश्विक संस्थागत निवेशकों भारतीय व्यापार प्रमुखों भारत सरकार तथा वित्त बाजार संचालकों के बीच विशिष्ट संवाद का मंच है केन्द्रीय वित्तमंत्री वित्त राज्यमंत्री भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इस सम्मेलन में भाग लेंगे स्कूल फीस मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने स्कूल फीस को लेकर चल रहे मामले में अभिभावकों को बड़ी राहत दी है

अदालत का कहना है कि निजी स्कूल बाद में कोई एरियर्स भी नहीं ले सकेंगे अदालत ने अपने एक सितम्बर के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि किसी भी स्थिति में बच्चों को गुणात्मक शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता फीस बढ़ाने के संबंध में अदालत ने कहा कि यह फैसला सरकार लेगी

मतगणना से जुड़े कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू हो गया है मुरैना में मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं इसके लिये आज मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है आगरमालवा जिले की आगर विधानसभा में हुए उपचुनाव की मतगणना की तैयारियों के लिये आज कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई है वहीं छतरपुर के विधानसभा क्षेत्र बड़ा मलहरा में हुए उपचुनाव के बाद सभी ईवीएम और वीवीपेट मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है यहां भी मतगणना की तैयारियां जारी है

अच्छी बात यह है कि बीते कई दिनों से राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या संक्रमित व्यक्तियों की संख्या से अधिक है सिवनी में दो नये मामले सामने आये हैं

फ्लेक्सी प्लान प्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर बिजली प्रदाय करने एवं बिजली की बचत के उद्देश्य से फ्लेक्सी प्लान लागू किया जाएगा इस योजना के लागू होने से एक तरफ किसानों को उनकी सुविधा अनुसार भरपूर बिजली मिलती रहेगी वहीं प्रतिदिन लगभग डेड़ हजार मेगावाट बिजली बचेगी जिससे प्रतिदिन लगभग एक करोड़ रूपए की बचत होगी

बिजली की मांग घटने से किसानों को अतिरिक्त बिजली दी जा सकेगी तथा अन्य राज्यों को बिजली बेची भी जा सकेगी राज्य मिलेट जैविक मिशन राज्य शासन द्वारा मिलेट और मोटा अनाज फसलों जैसे कोदो क्टकी ज्वार बाजरा एवं जौ को बढ़ावा देने प्रोसेसिंग एवं विपणन के लिये बनाए गये राज्य मिलेट एवं जैविक मिशन की सहायता के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है इसका उद्देश्य किसानों को जागरूक एवं प्रशिक्षित करना मिलेट एवं मोटा अनाज फसलों की उन्नत किस्मों के बीज की व्यवस्था मिलेट एवं मोटा अनाज फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा प्रोसेसिंग व्यवस्था को बेहतर करने तथा मिलेट एवं मोटा अनाज की ब्रॉण्डिंग करने जैसे विषय शामिल किये गये हैं स्ट्रीट फूड योजना केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा क्लीन स्ट्रीट फूड हब योजना संचालित की जा रही है जिसके अंतर्गत स्ट्रीट फूड विक्रय क्षेत्रों को प्रमाणित किया जाता है

इसी प्रकार भोपाल की शाहपुरा झील तथा उज्जैन के घंटाघर चौपाटी क्षेत्र में इस योजना पर काम चल रहा है और इन क्षेत्रों को भी जल्दी यह दर्जा मिलने की सम्भावना है